सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गूर्जर ने कहा है कि सरकार दिव्यांग शिल्पकारों को उनके उत्पादों की बिक्री के लिए ऑन लाइन प्लेटफार्म उपलब्ध करायेगी उप म्ख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला ने सिरसा के राजकीय इंजीनियरिंग कालेज पन्नीवाला मोटा में प्रदेश के पहले मॉडल कौश्ल केन्द्र का उदघाटन किया और कहा कि प्रदेश के सभी जिलों मे ऐसे केन्द्र खोले जायेंगे हरियाणा में आज होली मिलन और होलिका दहन का पर्व श्रद्वा से मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने होली की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है केन्द्र सरकार ने देश वासियों को भरोसा दिलाया है कि नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के हर संभव प्रयास कर किये जा रहे है केन्द्रीय स्वासथ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन् ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए की जा रही तैयारियों और प्रबंधों का जायज़ा लेने के लिए तालमेल बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा िक बैठक में बड़े स्तर पर लोगों में जागरूकता लाने अलग वार्ड की पहचान अस्पताल प्रबंधन सामुदायिक स्तर पर चौक्सी बरतने और कोरोना से पीडि़त व्यक्तियों के समपर्क में रहे लोगों की जानकारी लेने जैसी कार्रवाइयों के लिए सभी सम्बधित विभागों व एजेंसियों में तालमेल पर ज़ोर दिया गया उन्होंने कहा कि शीघ्र कइम उठाने और मिलजुल कर किये गये प्रयत्नों से सरकार इस वायरस को फैलने से रोकने की स्थिति मे है मास्क की कमी के सवाल पर मंत्री ने कहा कि स्वस्थ्य आदमी को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है और केवल वहीं जिनकों संक्रमण हुआ मास्क लगाने की जरूरत है

उन्होंने कहा कि राज्यों को कोरोना वायरस से प्रभावी संग से निपटने के लिए मानव संसाधनों तथा प्रयोग शालाओं को मजबूत करने को भी कहा गया है तथा त्वरित प्रतिक्रिया दल गठित करने के कहा गया है

उन्होंने कहा कि आठ लाख चौहतर हजार से अधिक यात्रियों की अब तक हवाई अड्डो पर स्कीनिंग की जा चुकी है मंत्री ने कहा कि ग्यारह लाख पचपन हजार लोगों की देश की सीमावर्ती क्षेत्रोंमें जांच की गई

अब सभी कर्मचारी कार्यालय के हाजिरी रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों विभागाध्यक्षों मंडलाय्क्तों बोर्डों निगमों के प्रबंध निदेशकों और म्ख्य प्रशासकों जिला उपाय्क्तों उप मंडल अधिकारियों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को पत्र जारी किया गया है प्रवक्ता ने बताया कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित क्छ एक मामले सामने आने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल ग्र्जर ने कहा है कि सरकार दिव्यांग शिल्पकारों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए ऑन लाइन उपलब्ध करायेगी आज नई दिल्ली में सप्ताह से चल रहे प्रदर्शनी मेले एकम फेस्ट के समापन समारोह को सम्बोधित करते हये श्री ग्र्जर ने कहा कि एकम फेस्ट दिव्यागजनों की उद्यमशीतला और उनकी कला के ज्ञान को बढ़ावा देने तथा उन्हें विपणन सुविधा मुहैया कराने के एक प्रयास है इस महीनें की दो तारीख से श्रू ह्ये इस मेले में सत्रह राज्यों के बयासी दिव्यांगजनों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किये राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास इनके उत्पादों के लिए ब्रांड विकसित करने तथा बिक्री के लिये बाज़ार उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है आज आदमी पार्टी हरियाणा के निकाय च्नाव अपने च्नाव चिन्ह पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी से राज्य सभा सांसद श्री सुनील ग्प्ता ने आज पलवल में एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते ये घोषणा की उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को प्रदेश में शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी रोज़गार सड़क सहित अन्य जन स्विधायें दिल्ली की तर्ज पर मुहैया करानी चाहिए उन्होंने कहा कि प्रदेश मे सरकारी स्कूलों की हालत खराब है और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेचायें नहीं मिल रही

उन्होंने कहा कि पार्टी के संगठन का निर्माण व संचालन जोनल स्तर किया गया है और प्रदेश को चार ज़ोन में बांटा गया है केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने आज साहा खंड के तहत विभिन्न गांवों में लाखों रूपये के विकास कार्यो का उदघाटन् किया इस मौके पर ग्रामीण को सम्बोधित करते ह्ये उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार दवारा लोगों के लिए अनेक योजनायें लागू की गई है उन्होंने कहा कि म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे के साथ सभी को एक साथ लेकर प्रगति को उन्नति के शिखर पर ले जा रहे है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के करीब दो करोड़ कमान बनवाये है जिसमें से सवा करोड़ बन कर तैयार हो चुके है शिक्षा मंत्री कंवर पाल ग्र्जर ने यम्नानगर के खंड छछरौली में इब्राहीम के राजकीय माध्यमिक विधालय में कार्यरत अध्यापक शिव कुमार व रामफल की सेवायें त्रंत प्रभाव से समाप्त करने और अध्यापक स्रेन्द्र सिंह को निलंवित करने के आदेश दिये है

हमारे सवाददाता ने बताया कि गांव वालों की शिकायत मिलने के बाद शिक्षा मंत्री ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया और खंड शिक्षा अधिकारी के पास उनका कोई छ्टटी का आवेदन न होने के कारण ये आदेश जारी किया शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षाओं के दिनों के अध्यापकों का स्क्लों में गायब रहना गलत है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा हरियाणा के उप म्ख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला ने आज सिरसा में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज पन्नीवाला मोटा में मोटा कौशल केन्द्र का उदघाटन् किया हरियाणा कौशल विकास विकास मिशन दवारा य्वाओं को विभिन्न तरह के कौशल में निप्ण बनाने के उददेश्य से स्थापित किये गये विश्व स्तरी सुविधाओं से युक्त ये हरियाणा का प्रथम माडल कौशल केन्द्र है

इस अवसरपर बोलते हये उपम्ख्यमंत्री द्ष्यंत चौटाला ने इसे ऐतिहासिक श्रूआत बताते हये कहा कि इससे युवाओं को न केवल रोज़गार मिलेगा बल्कि वे अपने कौशल के बलबूते देश के किसी भी कोने में आयोजित रोज़गार प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सकेंगे

उन्होंने बताया कि प्रदेश मे सेना मे जाने वाले युवाओं के लिए भी तीन जगहें चिन्हित की गई है जहां एनडीए की परीक्षा की तैयारी करवाई जायेगी हरियाणा के मुख्मयंत्री श्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री द्ष्यंत चौटाला व गृहमंत्री अनिल विज रंगो के त्यौहार पर प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई व श्भकामनायें दी है होली की पूर्व संध्या पर आज चंडीगढ़ में जारी संदेश में म्ख्यमंत्री ने कहा कि होली का त्यौहर परस्पर प्रेम व सदभाव लेकर आता है

वहीं उप मुख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला ने भी लोगों को रसायनिक रंगों की जगह जैविक रंगों के इस्तेमाल की अपील की केन्द्रीय जल शकित राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने भी होली के मौके पर मुंबारकबाद देते हये उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि रंगों का त्यौहार होली मर्यादा के साथ मनाना चाहिए हरियाणा के सहकारिता मंत्री डा बनवारी लाल ने भी लोगों को होली की पूर्व संध्या पर बधाई दी है और त्यौहार को पांरपरिक ांग व रीति रिवाज़ से मनाने को कहा है इनैलो नेता अभय सिंह चौटाला ने भी इनेलो परिवार की ओर से प्रदेशवासियों को रंगों के इस त्यौहार पर बधाई देते हये कामना की है कि ये त्यौहार सभी जीवन में खुशहाली और सौहार्द लायें हरियाणा में आज होली मिलन और होलिका दहन का पर्व श्रद्वा से मनाया जा रहा है यमुनानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि यमुनानगर जगाधरी बिलासपुर रादौर छछरौली आदि इलाकों में होलिका पूजन चल रहा है और क्छ समय बाद होलिका दहन किया जायेगा महिलाओं ने आज वत रखकर होलिका की प्ररिक्रमा कर स्खसमृद्वि की कामना की

अम्बाला जिले के गांव मिर्जापुर मे क्रूक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी के निवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हआ जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया सांसद नायब सैनी ने कहा कि सभी त्यौहार आपस में मिलज्ल कर मनाने चाहिये इससे प्रेम और भाईचारा बढ़ता है

प्लिस के अन्सार पकड़े गए आरोपियों की पहचान गांव दौलतप्र निवासी कृष्ण क्मार और गांव तामसप्र निवासी देवीलाल के रूप में हई